प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा लोगों को बनों के संरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए विधायक वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए विधानसभा से निष्कासित किये जाने के मुद्दे पर उत्पन्न गतिरोध समाप्त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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आर आर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण अभियान में विभिन्न सत्रों में कोविड टीके लगाये गये

सवाईमाधोपुर के बजरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर टीका लगवाने के बाद सेवानिवृत चिकित्सक डॉक्टर पी एल बंसल ने बताया कि कोरोना का टीका सभी के लिए लाभदायक है और इसे अन्य लोगों को भी अवश्य लगवाना चाहिए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि ये टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें ये किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी

उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के निर्घारित उपाय अपनाएं राज्यपाल ने एक अपील में कहा कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें मास्क लगाए रखें तथा दो गज की दूरी और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के लक्षण होने पर तूरंत चिकित्सक की सलाह लें राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार कोविड का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है इस संबंध में किसी प्रकार की अफवाहों और भ्रांतियों पर ध्यान नहीं दें

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं ये भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

यह दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का विषय वन और आजीविका मानव और पृथ्यी का सतत विकास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीयों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को अभिवादन किया है श्री मोदी ने कहा कि लोगों को देश के बनों के संरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वन्य जीव दिवस पर ट्वीट कर वन्य जीवों और यनस्पतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि बहरेपन की समस्या को जागरूकता और जानकारी के जरिए काफी हद तक कम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि यदि जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे की स्क्रीनिंग करवाई जाए और बुजुर्ग भी इस बारे में सजग रहे तो बधिरता के मामलों में गिरावट आ सकती है डॉ शर्मा आज विश्व श्रवण दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है

भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए विधानसभा से निष्कासित किए जाने के मुद्दे पर उत्पन्न गतिरोध आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से माफी मांगने के बाद समाप्त हो गया प्रश्नकाल शुरू होने से पहले श्री राठौड ने कहा कि आसन सर्वोपरि है और उसका सम्मान आवश्यक है

आज शन्यकाल में श्री जोशी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद ज्यादातर मंत्री सदन से चले जाते है और यह स्थिति ठीक नहीं है उन्हें सदन में रहना चाहिए ताकि सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में संपूर्ण तथ्य मंत्रियों को उपलबध करायें विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने आज विधानसभा में पंचायतों को वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से विकास कार्यों के प्रभावित होने का मुददा उठाया